कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

पिछले कुछ दिनों में श्री मोदी ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी इस मुद्दे पर बात की है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और टीकाकरण अभियान की स्थिति का जायजा लिया है

रजिस्ट्रेशन कराने वाले लाभार्थियों को टीकाकरण कराने से पूर्व ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य है

मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इन औषधियों की क्षमता बहस्तरीय नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से सिद्ध हई है केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक बहुपक्षीय अभियान शुरू किया कि ये औषधियां जरूरतमंद लोगों को पारदर्शी और कृशल तरीके से मिलें

कोरोना इलाज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कोरोना के इलाज की एक दवा विकसित कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है संगठन को इसके उपयोग की अनुमति भी भारतीय औषधि महानियंत्रक से मिल गई है कोरोना की इस दूसरी लहर में यह दवा ट्र डीऑक्सी डी ग्लूकोज कोविड पीड़ितों के उपचार में उपयोगी सिद्ध होगी यह दवा एक पाउडर के रुप में है जिसे पानी में घोलकर लेना होता है इसका विकास संगठन की एक प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान ने डॉ रेड्डीज लेबॉरेट्रीज के साथ मिलकर किया है अब तक के परीक्षणों से पता चला है कि यह दवा कोरोना मरीजों को तेजी से स्वस्थ करती है और इसके सेवन से ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम रह जाती है इसका उत्पादन भी आसान है और इसका उपयोग कोरोना के गंभीर मरीजों पर भी किया जा सकेगा संगठन में जीवन विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस दवा के उपयोग के बाद कोरोना रोगी जल्दी उबर गए

पंचायती राज संस्थाएं कोविड महामारी से निपटने के लिए रोकथाम और उन्मूलन संबंधी विभिन्न उपायों के लिए इसका उपयोग कर सकेंगी

राष्ट्रीय नीति संशोधन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में रोगियों को भर्ती करने के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया है

किसी भी रोगी का इलाज करने से इंकार नहीं किया जाएगा इसमें दवाई ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक इलाज भी शामिल हैं ये दिशा निर्देश द्रसरे शहर के मरीजों के लिए भी होंगे किसी भी रोगी को वैध पहचान पत्र के अभाव में भर्ती करने से इंकार नहीं किया जाएगा और ना ही इस आधार पर मना किया जाएगा कि वह अन्य शहर का निवासी है अस्पताल में भर्ती पूरी तरह से आवश्यकता पर आधारित होगी इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना जरूरत के अस्पताल में भर्ती नहीं हो इसके अलावा अस्पताल से मरीजों की छुट्टी संशोधित नीति के अनुसार होगी मुख्यमंत्री अपील मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों का रक्त प्लाज्मा अन्य संक्रमित रोगियों के उपचार में सहायक सिद्ध हो रहा है जिसको देखते हुए उन्होंने कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके लोगों से रक्त प्लाज्मा दान करने की अपील की है ताकि दूसरो की भी जान बचाई जा सके उन्होंने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा है कि हिचकिचाएं नहीं आगे आएं और रक्त प्लाज्मा का दान कर कोरोना पीड़ित मरीज की जान बचाने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएं

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस संक्रमण को जन सहभागिता से ही खत्म किया जा सकता है उन्होंने कहा कि यह संक्रमण आज गांव गांव तक फैल रहा है जिसको देखते हुए जिम्मेदारी के साथ कोविड गाइडलाइन्स का पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा उन्होंने ग्राम प्रधानों से अनुरोध किया कि वे होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को कोविड गाइडलाइन्स का पूरी तरह से पालन कराये और नियमो के प्रति जागरूक करें उन्होंने बताया कि जिले में गांव गांव तक वैक्सिनेशन साईट बनायी जा रही है और तैयार रोस्टर के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव गांव जाकर लोगो का टीकाकरण करेगी निरीक्षण अल्मोडा जिले के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज बेस चिकित्सालय स्थित कोविड केयर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने निर्देश दिये कि यहां भर्ती मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इस बात का खास ध्यान रखा जाये उन्होंने कोविड ड्यूटी के दौरान तैनात डॉक्टरं व पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर उसे गंभीरता से लेते हुए सम्बन्धित स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही करने की भी बात कही उन्होंने कहा कि कोविड चिकित्सालय में सुविधाओं में और अधिक बढ़ोत्तरी करते हुए अतिरिक्त कार्मिकों व स्टाफ की तैनाती की जाएगी इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड मे बन रहे आईसीयू कक्ष भी निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द अवशेष कार्य पूरा करने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही ये आईसीयू वार्ड बनकर तैयार हो जाएगा और जहां गंभीर मरीजों का इलाज किया जाएगा

निधन भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय का आज सुबह कोरोना संक्रमण से निधन हो गया

श्री उपाध्याय ने कई वर्ष तक अफगानिस्तान में आकाशवाणी संवाददाता के रूप में कार्य किया उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कई मीडिया इकाईयों में काम किया उत्तराखण्ड के पिथौरागढ में जन्मे श्री उपाध्याय ने कुमाऊं विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी मौसम राज्य मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फवारी हो सकती है इसके साथ ही कहीं कहीं आकाशीय बिजली भी चमक सकती है